जबकि भाजपा सहित एक निर्दलीय पार्षद ने शपथ नहीं ली

इस बीच कांग्रेस के नगर निगम चुनाव प्रभारी राजेन्द्र राणा और विधायक हर्षवर्धन चौहान ने प्रशासन पर राजनीतिक दबाव में कार्य करने का आरोप लगाया है उधर धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई धर्मशाला नेगर निगम मेँ ओंकार नेहरिया को सर्वसम्मति से महापौर चुना गया जबकि सर्वचंद गलोटिया उपमहापौर पद के लिए हुए चुनाव में विजयी रहे वहीं पालमपुर नगर निगम में पूनम बाली को महापौर और अनीश नाग को उपमहापौर चयनित किया गया मण्डी नगर निगम में दीपाली जसवाल को महापौर जबकि वीरेन्द्र भट्ट को उपमहापौर पद के लिए चुना गया नवरात्र चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं नवरात्र के पहले दिन आज मां दूर्गा के शैलपूत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है नवरात्रों के दौरान प्रदेश के शक्तिपीठों सहित सभी मंदिर दर्शनों के लिए खूले रहेंगे हालांकि राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए श्रद्धालुओं को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए फेस मास्क पहनकर ही पूजा व दर्शन करने की इजाजत होगी नवरात्रों के दौरान मंदिरों में लंगर भंडारे व जागरण के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा इसके अलावा मंदिर प्रबंधन को सरकार द्वारा जारी एसओपी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को भी कहा गया है इस बीच नवरात्र के पहले दिन आज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हनुमान मंदिर जाखू में पूजा अर्चना की और यहां आयोजित एक बैठक में भाग लिया उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में संजीवनी वाटिका का निर्माण किया जाएगा जिसमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां और पौधे लगाए जाएंगे भारद्वाज ने कहा कि श्रद्वालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में हवाघर का निर्माण भी किया जाएगा उधर सोलन स्थित मां शूलिनी के मंदिर में श्रद्वालुओं ने आज कोविड नियमों का पालन करते हए मां के दर्शन किए वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना ज़िले के पालकवाह में आज अस्थायी मेक शिफ्ट कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए इस अस्पताल को जल्द क्रियान्वित करने की आवश्यकता है

कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य सरकार से इसकी रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने की सलाह दी है एक बयान में उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण का सामुदायिक फैलाव न हो इसके लिए जल्द एहतियाती कदम उठाते हुए अस्पतालों में वैंटिलेटर व अन्य आवश्यक उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने चाहिए राठौर ने पॉर्टी कार्यकर्ताओं से कोरोना के इस संकट काल में अनावश्यक यात्राएं न करने का आग्रह भी किया है उन्होंने अन्य राज्यों से आने वाले सभी लोगों की सीमाओं पर रैपिड टैस्टिंग करने की ज़रूरत बताई और कहा कि जनहित से ज़ुड़े किसी भी फैसले पर कांग्रेस पार्टी सरकार को हर संभव सहयोग देगी

विधायक राजीव बिंदल ने आज नाहन में इन वाहनों को हरी झण्डी दिखा कर स्वच्छता कार्य के लिए रवाना किया उन्होंने कहा कि इन वाहनों के स्वच्छता कार्य में शामिल होने से नाहन नगर में सफाई व्यवस्था में और अधिक सुधार आएगा बिंदल ने सभी लोगों से शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने की अपील भी की